इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में किसानों वैज्ञानिकों उद्यमियों विद्यार्थियों सरकारी अधिकारियों और कानून निर्माताओं की बैठक को संबोधित करेंगे जैविक इंधन से कच्चे तेल के आयात में कमी लाने और उस पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है

फिल्म प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रारम्भिक जीवन पर मंगेश हड़ावले द्वारा निर्देशित फिल्म कल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में प्रदर्शित की गई मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों व विधायकों सहित फिल्म देखी बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म निश्चित रूप से लोगों विशेषकर युवाओं को प्रेरणा प्रदान करेगी कि जीवन में कठिनाईयों का सामना करते हुए वे किसी भी उंचाई को हासिल कर सकते हैं भुंतर हवाई उड़ान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक राज्य उड़यन मंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात की उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कुल्लू के भुंतर के लिए हवाई उड़ान शुरू करने की मांग की है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि भुंतर के लिए डेक्कन एयरवेज ने साल में तीन बार उड़ानों की समयसारिणी जारी की है लेकिन लंबे समय से भुंतर हवाई अड्डे के लिए से डेक्कन एयरवेज की उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही है तथा इसका असर यहां के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है भर्ती लाहौल स्पिति जिले के युवाओं के लिए लदाख स्काउंट द्वारा स्टींगरी में दो दिवसीय भर्ती रैली का आयोजन किया गया रैली में जिले के करीब पांच सौ युवाओं ने हिस्सा लिया लदाख स्काउट के कमांडर कर्नल एसकेशर्मा ने बताया कि लाहौल स्पिति व लदाख में बहुत सी समानताएं हैं और सेना में भर्ती होने के जजबे को देखते हुए लदाख स्काउट के लिए योग्य किया गया है उन्होंने कहा कि इनमें से फिट युवाओं को ही स्काउट में भर्ती किया जाएगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से हटाया गया राजीव गांधी का नाम

हिमाचल दस्तक का कहना है खेत को पानी किसान को ट्रैक्टर देगी सरकार

दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हाईकोर्ट का कड़ा रूख एंबुलेंस ड्राइवर व तकनीशियन तलब

जबकि आपका फैसला ने पाटिल के हवाले से लिखा है मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए

गुड़िया मामले पर अजीत समाचार की सुर्खी है आरोपियों की पैरवी करने हेतु कोई भी वकील नहीं तैयार

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय समस्या और समाधान में ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र की दो पंचायतों के किसानों द्वारा लावारिश पशुओं की समस्या से निपटने के लिए की गई पहल की सराहना की है